इस अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले साठ सालों में देश में मात्र तेरह करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गये थे जबकि पिछले चार साल में बारह करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गये है उन्होंने कहा कि घरेलू गैस कवरेज का दायरा वर्ष दो हजार चौदह तक पचपन प्रतिशत था जो अब बढ़कर लगभग नब्बे प्रतिशत हो गया है उन्होंने कहा कि पाइप लाइन के जरिये सीधे लोगों के घरों में पहुंचने वाली गैस लोगों के जीवन को आसान बनाती है

उन्होंने कहा कि देश में गैस इन्फ्रास्टक्चर को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह तक छाछठ जनपद ही नगर गैस वितरण नेटवर्क के दायरे में थे अब एक सौ चौहत्तर जिलों में नगर गैस का काम चल रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को स्वच्छ ईधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर अयोध्या जनपद में एक कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह तथा अन्य लोगा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नगर गैस वितरण परियोजना का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ जनपद को भी मिलेगा और यहां प्रदूषण मुक्त वातावरण का सूजन हो सकेगा पाइप लाइन गैस परियाजना में प्रदेश के बाईस जनपदों को सम्मिलित किया गया हैं बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि बस्ती जनपद पाइप लाइन गैस परियोजना से आच्छादित होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बस्ती जनपद को धुंआ मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है इस परियोजना से लोगों को रसोई और प्राकृतिक गैस ऊर्जा से संचालित गाड़ियों के खर्चे में लगभग तीस प्रतिशत की बचत होगी उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकारे जनता से किये वादों को पूरा कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हितों और प्रदेश की जनता के हित के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि सरकार चीनी मिलों के विस्तारीकरण को लेकर काम कर रही है श्री योगी आज हापुड़ में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गन्ने से निकलने वाले एथेनाल को पेट्रोल के साथ मिलाने की बात कही उससे किसानों को लाभ मिलेगा

अब हम लोगों ने देश के अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने अनुमति दी है कि अगर चीनी की खपत नहीं है तो गन्ने से सीधे एथेनाल बनाकर हम डीजल और पेट्रोल का काम उससे लेंगे जिससे बाहर जाने वाला पैसा भी बचेगा और किसानों के गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान करके भारत का पैसा भारत के अन्दर रख करके भारत के गांव का भारत के गरीबों का भारत के नौजवानों का और भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में हम खशहाली लाने का कार्य कर पायें गे इस अवसर पर श्री योगी ने गढ़मुक्तेश्वर के विकास के लिए बीस करोड़ रूपये की लागत वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया

श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी

इसे प्रातः दस बज कर तीस मिनट से आकाशवाणी लखनऊ के प्राइमरी चैनल पर सुना जा सकेगा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

उच्चतम न्याायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की बजाए मतपत्रों से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन की इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का दरूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि युवाओं में प्रतिभा और क्षमता को निखारने तथा इसमें वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशल परख प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जा रही है उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन द्वारा अब तक आठ लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण कर छह लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है इनमें से ढाई लाख से अधिक युवाओं को रोजगार में नियोजित कराया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में प्रत्येक जनपद और तहसील स्तर पर कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं दिल्ली लखनऊ रेलमार्ग पर बीती रात रामपुर जनपद में धमौरा स्टेशन के पास एक खाली कोच वाली ट्रेन के सात डिब्बे पलट जाने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया ट्रेन के कोच खाली होने के कारण कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन डिब्बे पलटने से बिजली की लाइनों और पटरियों को भारी क्षति पहुंची दुर्घटना की सूचना पर रेल विभाग के उच्चाधिकारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया दुर्घटना के कारणों का पटरी का टूट जाना बताया जा रहा है मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है

रेलवे की टीम ने कई घंटे पटरियों की मरम्मत के बाद यातायात को बहाल कर दिया है प्रदेश में समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खोले गये धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से इस वर्ष अब तक एक लाख बयालीस हजार चार सौ पैंसठ मीट्रिक टन धान की किसानों से सीधे खरीद की गई है इस योजना से इक्कीस हजार आठ सौ किसान लाभान्वित हुए हैं किसानों को दो सौ उन्चास करोड़ तिरसठ लाख रूपये का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया है अमरोहा जनपद में गंगाधाम तिगरी में लगने वाले कार्तिक प्रर्णिमा मेले के अवसर पर आज गंगा नदी पर बड़ी संख्या में लोग दीप दान कर रहे हैं कल सुबह कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए यहां अब तक लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का क्रम अभी भी जारी है समाप्त